मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई अभी लम्बी चलेगी और जब तक कोरोना की वैक्सीन या कोई दवाई नहीं आ जाती है तब तक हमें बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी उन्होंने कहा कि एक वायरस ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है बाइट जो हम लोगो ने यहाँ पर टीम वर्क के माध्यम से कार्य किया है ये लड़ाई लम्बी चलेगी

उन्होंने कहा कि प्रदश सरकार ने कोरोना की लड़ाई में समय से कदम उठाये जिसके चलते यहां मृत्युदर और पॉजिटिविटि रेट काफी कम है देश के पर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया

श्री मुखर्जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और वह कोमा में थे उन्होंने आज दिल्ली में सेना के अस्पताल में अंतिम सांस ली इस महीने की दस तारीख को उन्हें अस्पताल म भर्ती कराया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक यशवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथा ने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्रीय क्षति है वह सार्वजनिक जीवन में शूचिता पारदर्शिता और स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे प्रदेश में सभी स्क्ल कॉलेज और शिक्षण संस्थान तीस सितम्बर तक बंद रहगे

मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया ह कि मेट्रो रेल सेवा सात सितम्बर से चरणबद्व तरीके से शुरू होगी

सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर सभागार और इन जैसे अन्य स्थल बंद रहेंगे

केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में सात सितम्बर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जायेंगी इसके लिये सभो तैयारियां पूरी कर ली गई है

उत्तर प्रदेश रेल मेट्रो कारपोरेशन के अध्यक्ष कुमार केशव ने बताया सभी स्टेशनों और कोचेस को पूरी तरह विसंक्रमित किया जायेगा

देश में अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में साढ़े तीन गुना हो गयी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले आठ दिनों में पांच लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं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

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की ग्णवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जायेगी

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे एल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के छह मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है डॉक्टर मीणा ने बताया कि अस्पतालों की रैकिंग लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जाने के बारे में जानकारी मिलेगी प्रदश में विभिन्न भागों में वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से नदियों में जलप्रवाह के कारण कई नदियां उफान पर है तथा निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है प्रदेश के केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार गंगा नदी बदायूं के कछला ब्रिज और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं शारदा लखीमपुर खीरी के पलियाकलां तथा घाघरा बलिया के तुर्तीपार में खतरे के निशान से ऊपर स्थिर बनी हुई है यमुना नदी मथुरा और प्रयागराज में बढ़ाव पर है

प्रदेश में आज विभिन्न दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये

घायलों को सीएससी बहराइच तथा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

हमीरपुर में सुमेरपुर थाना क्षेत्र में टेढ़ा गांव के पास कार और टैम्पों वाहन में टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये

उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने जमीन खरीदने के लिये बजट जारी कर दिया है श्री गंगवार ने कहा कि बरेली और मुरादाबाद मंडल में कार्यरत लगभग दो लाख श्रमिकों और ईएसआई सदस्यों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि गारंटीकृत क्रेडिट प्लान योजना के तहत प्रवासी कामगारों को विभिन्न बैंका से रोजगार करने क लिये ऋण उपलब्ध कराया गया